प्रधानमंत्री ने कहा सरकार जिस तरह कोविड महामारी से निपटी है उससे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा करती होगी गर्व महसूस प्रदेश में कोविड टीकाकरण के तहत आज अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को दिए जायेंगे टीके राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस थानों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी बल्कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को इतिहास में भले ही उचित स्थान न मिला हो लेकिन उनका बलिदान अमर रहेगा उन्होंने कहा कि हमारे देश की धरती में शहीदों का खुन समाया हुआ है और वह हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा प्रदेश में कल चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वर्चअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम आजादी के पचहत्तर साल पूरा करने वाले हैं और यह शताब्दी अपने महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अच्छा अवसर है

उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है साथियों चौरी चौरा देश के सामान्य मानवीय का स्वतरू स्फूर्त संग्राम ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों की जितनी चर्चा होनी थी बहत अधिक चर्चा नहीं हो पाई इस संग्राम के शहीदों को क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो तेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया यह दिन हमारी आजादी की लड़ाई से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के सौ साल पूरे होने की स्मृति में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा की घटना को शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जाना उत्तर प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल है उन्होंने कहा कि साल भर तक चलने वाले समारोह को स्थानीय कला संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ना हमारे स्वाधीनता सेनानियों के प्रति एक श्रद्वांजलि है श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों की एकता से दासता की जंजीरें ट्रटी हैं और आज हमारा देश विश्व की एक महाशक्ति है उन्होंने कहा कि यही एकता हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान की असली बुनियाद है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने कोविड महामारी के संकट के दौर में मानवता की भलाई के लिये कई कदम उठाये हैं सामूहिकता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेडियों को तोड़ा था वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनायेगी सामूहिकता की यही शक्ति आत्म निर्मर भारत अभियान का मूलमूत आघार है

जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्याकन में रखते हुए दुनियामर कोवैक्सानि पहुंचा रहा है दे रहा है तो हमारे स्व तंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्माख होगीजरूर गर्व महस्प्रस होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि सरकार कोविड महामारी के दौर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नागरिकों के कर में बढ़ोतरी करेगी लेकिन हाल के बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है और किसानों ने उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि बाजारों को किसानों के लिए और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए देश की एक हजार मंडियों को ई नाम से जोड़ा जा रहा है हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहाहै चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ीमुमिका थी किसान आगे बढ़ंगे आत्मनिर्मर बनें इसके लिए पिछले छरू सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किएगए हैं इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है महामारी की चुनौतियों के बीचमी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया हमारा किसान अगर और सशस्त होगा तो कृषि क्षेत्र में से ये प्रगति और तेज होगी इसके साथ ही प्रदेश में साल भर तक चलने वाले चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमों की कल से श्रुआत हो गई अगले एक वर्ष तक शहीद स्मारकों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे इस वर्ष राज्य के सभी सरकारी विभाग अपने पत्र व्यवहार में चौरी चौरा शताब्दी के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करेंगे

मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना को शामिल करने का भी आदेश दिया है इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह चौरी चौरा स्मारक गए और शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की चौरी चौरा में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चअल माध्यम से जुड़ीं कार्यक्रम के दौरान चौरी चौरा शहीदों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों में भी कल चौरी चौरा शताब्दी समारोह के आयोजन किये गये छात्र छात्राओं ने प्रभातफेरियां निकालीं शहीद स्मारकों पर पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रधुन बजाई गयी प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा और अब तक चार लाख तिरसठ हजार स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से बचाव के टीके लगाये जा चुके हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नियमित टीकाकरण के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज शक्ल ने बताया कि आज से अंग्रिम पंक्ति के कर्मियों के टीकाकरण का कार्य श्रू हो जायेगा उन्होंने बताया कि पन्द्रह फरवरी को टीकाकरण में छटे हए स्वास्थ्य कर्मियों के लिये मोपअप राउंड चलाया जायेगा जोकि छटे हए स्वास्थ्य कर्मियों के लिये टीकाकरण करवाने का अंतिम अवसर होगा आज भी टीकाकरण से छटे हए स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जायेगा अंग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीकाकरण के अन्तर्गत लगभग नौ लाख लोगों को टीके की खुराक दी जायेगी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल प्रदेश में एक हजार पांच सौ अस्सी से अधिक स्थानों पर उन्यासी हजार सैंतालिस स्वास्थ्य कर्मियां का टीकाकरण किया गया स्वास्थ्य विमाग के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक कोविड टीकाकरण करने वाला प्रदेश बन गया है राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है प्रदेश में कोविड से संक्रमित होने वाले सत्तानबे दशमलव सात आठ प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं इस बीच प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के एक सौ उनहत्तर नये मामले सामने आये हैं जबकि दो सौ तिरसठ लोग बीमारी से ठीक हुये हैं प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार छ सौ उन्तीस है राज्य में बूधवार को एक दिन में कोविड के एक लाख उत्तीस हजार एक सौ तिरानबे नमूनों की जांच की गयी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों से सुरक्षा के प्रयास के तहत फैक्ट चेक और मिथबस्टर्स का प्रसारण किया जाता है सरकार ने यू ट्यूब वीडियो में किये जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने बिना किसी परीक्षा के आठ लाख से अधिक पदों के लिए सीधी भर्ती की घोषणा की है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस दावे को फर्जी बताया है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने अब तक किसी सरकारी पद के लिए ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है प्रदेश में कल कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने के समाचार हैं पीलीभीत लखनऊ गाजियाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गयी मथुरा में ओलावृष्टि हुई